इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों के प्रति युवाओं में बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का कारण है इससे न केवल युवाओं का बल्कि देश का भविष्य भी बर्बाद होता है उन्होंने कहा कि समाज से नशे की बुराई को समाप्त करने और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है पड़ोसी राज्यों से नशे की तस्करी पर नजर रखने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज में खोले गए नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशे के आदी युवाओं के पुनर्वास में सहायता मिलेगी प्लास्टिक कचरा राज्य सरकार ने प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है

यह दाम घरों से कूड़ा कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी निकायों के पास जमा करवाने पर दिया जाएगा सरकार के इस कदम से प्लास्टिक का दाम मिलने की वजह से लोग उसे कूड़े में फेंकने की बजाय संभाल कर रखेंगे और प्लास्टिक कचरा प्लांट तक पहुंचेगा स्वच्छता अभियान मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत निर्धारित तीनों चरण के सफल कार्यान्वयन के लिये कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की

उन्होंने कहा कि इस अभियान के प्रथम चरण में राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करने के लिये लोगों को जागरूक किया जाएगा निर्यात ऋण योजना केन्द्र सरकार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम को अगले पांच वर्ष में साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि देगी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब ब्याज दर लगभग साढ़े तीन प्रतिशत रहेगी उन्होंने कहा कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी निर्यातकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाएं पीयूष गोयल ने कहा कि निगम ने निर्यात ऋण विकास योजना निर्विक शुरू की है जिसका उद्देश्य निर्यातकों को ऋण राशि की उपलब्यता में बढ़ोतरी करना है एकल खिड़की राज्य एकल खिड़की अनुश्रवण प्राधिकरण की आठवीं बैठक कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई

बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू आदि उपस्थित रहे स्वास्थ्य शिविर जनजातीय विकास मंत्रालय और जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से लाहौल स्पिति ज़िले के क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में स्वयंसेवी संस्था अभयुदय द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमण्डल के फैसले को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है पर्यटन नीति मंजूर राज्य में निवेश पर तीन करोड़ तक मिलेगी सब्सिडी पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल प्रदेश की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर ध्यान जयराम कैबिनेट ने दी मंजूरी दैनिक जागरण के मुताबिक चमकेंगे पहाड़ भरेगी जेब

सेंट्रल जेल नाहन के कैदी से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है गांधी दर्शन का सूतकात रहे ये कैदी पांचवीं व आठवीं का पाठ्यक्रम बदला दिव्य हिमाचल की खबर है